मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले मंगलवार को श्री पायलट सहित उनके समर्थक विधायकों को अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया था इस नोटिस को पायलट और उनके समर्थकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी

इस बीच विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर बयानबाजी का दौर कल भी जारी रहा केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा उन्होंने कल ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए उधर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि ऑडियो टेप के मामले में पुलिस की जांच चल रही है फिर भी भाजपा इसमें रूकावट डालने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने विधायकों की कथित फोन टैपिंग को असंवैधानिक बताया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को एक बार फिर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है

उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इस संकमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है केन्द्र राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर कोविड महामारी और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राजस्थान शक्ति भक्ति सौंदर्य कला और देवों की भूमि है यहां के गांव गांव में प्रतिभाएं हैं राज्यपाल कल राजभवन से वर्ल्ड ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे

वैदिक संस्कृति के सनातन स्वरूप को प्रसारित और पर्यावरण का संरक्षण करना होगा

आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन कराने का एक ई अभियान आज से शुरू कर रहा है

इस अभियान का उददेश्य ऐसे करदाताओं को कर तथा वित्तीय लेनदेन संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करना है जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं ताकि उन्हें आयकर विभाग का नोटिस न मिले और छानबीन की प्रकिया से न गुजरना पड़े

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

प्रदेश में कल राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई टोंक में दोपहर बाद हल्की बारिश के समाचार हैं मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन में प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें